स्वच्छता अभियान देश भर में आज स्वच्छता ही सेवा अभियान पखवाड़े के तहत स्वच्छता ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया इन ग्राम सभाओं में स्वच्छता की स्थिति पर लगातार नजर रखने का निर्णय लिया गया और भविष्य के लिए कार्ययोजना भी बनायी गयी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये इस अभियान की शुरूआत की थी

स्वच्छता गोयल रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अगर देश में साफ सुथरा पर्यावरण बन जाए तो इससे लोगों के जीवन और स्वास्थ्य में अपने आप बदलाव आ जाएगा श्री गोयल ने आज पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता पखवाडे के तहत आयोजित कार्यक्रम में कहा कि देशवासियों को राष्ट्र को साफ सुथरा रखने की शपथ लेना चाहिये ताकि स्वच्छ देश के रूप में दुनिया में भारत की पहचान हो इस अवसर पर श्री गोयल ने अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलायी वहीं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अश्विनी लोहानी ने रेलवे बोर्ड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता शपथ दिलायी और श्रमदान भी किया लोकसभाअध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन भोपाल के दो दिवसीय दौरे पर हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विमानतल पर आज उनकी अगवानी की सुमित्रा महाजन ने राजधानी के हबीबगंज नाके के पास आयोजित पर्य्रषण पर्व में भाग लिया वे कल दोपहर तीन बजे मध्यप्रदेश दूरसंचार सर्किल की बैठक में भी हिस्सा लेंगी

खासकर ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने उनका खूद का व्यवसाय स्थापित करने में यह मिशन काफी मददगार साबित हो रहा है

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बताया कि श्री गांधी विशेष विमान से दोपहर साढ़े बारह बजे भोपाल पहुंचेगे करीब एक बजे लालघाटी से उनका रोड शो शुरू होगा राजधानी के विभिन्न मार्गो से होते हुए श्री गांधी शाम चार बजे भेल दशहरा मैदान पहुंचकर कार्यकर्ताओं से संवाद करेगें और शाम साढ़े छह बजे दिल्ली रवाना होंगे कांग्रेस अध्यक्ष के प्रवास के दौरान प्रशासन ने कडे सुरक्षा प्रबंध किये हैं जनआशीर्वाद यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी जनआशीर्वाद यात्रा के दौरान राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ और सारंगगढ़ में सभाओं को संबोधित किया उन्होनें कल भोपाल आ रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से कई सवाल प्रछे हैं

श्री चौहान ने कहा कि कांग्रेस को किसानों की बात करने का कोई हक नहीं है क्योंकि उसने किसानों के लिये कुछ नहीं किया हम किसानों को बिना ब्याज कर्ज दे रहे हैं उनकी बेहतरी के लिये कई योजनाएं हमारी सरकार ने लागू की है विरोध प्रदर्शन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम में किये गये संशोधन के विरोध में आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किये गये उज्जैन में करणी सेना और उसके सहयोगी संगठनों ने महारैली कर विरोध प्रदर्शित किया इस दौरान लोगों ने नारे बाजी कर अधिनियम में किये गये संशोधन के प्रति अपना विरोध जताते हुए पुर्नविचार की मांग की वहीं शिवपुरी और सतना में भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया कमलनाथ बयान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि पार्टी ने मेरे और सासंद ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधानसभा चूनाव लड़ने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है

पार्टी उचित समय पर अपने सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी पर्यटन पर्व देशभर में आज से बारह दिवसीय पर्यटन पर्व शुरू हो गया है इस अवसर पर पर्यटन को बढावा देने के लिये कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं प्रदेश के खंडवा जिले में भी पर्यटन पर्व पर कार्यकमों की शुरूआत हुई शहर में आज एक मैराथन दौड का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में आम लोगों के साथ स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया इस मैराथन में रंजना लक्ष्मण जामोद को पहला स्थान प्राप्त हुआ है मैराथन के बाद कलेक्टर विशेष गढपाले और पुलिस अधीक्षक रूचिवर्द्वन मिश्र ने उन्हें सम्मानित किया इस पर्व के दौरान विभिन्न गतिविधियां संचालित करने के लिए डिप्टी कलेक्टर अनुभा जैन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है सुश्री जैन ने बताया है कि पर्यटन पर्व के तहत हर दिन अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की जायेंगी

यह भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है

इससे अब ग्रामीणों को राशन के लिये दूसरे गांव नहीं जाना पड़ेगा